मौसम विभाग ने हरियाणा में कई जगह आज और कल ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदी सिंह प्री ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी उन्होनें बताया कि नई सरकार के गठन के बाद एयर इंडिया स्प्रेसीफिक अलटरनेटिव मेकानिज़म का प्र्नगठन किया गया और एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को फिर शुरू करने की सैद्वातिक मंजूरी दी गई

मंत्री ने कहा िक उड्डन क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाये गये है

टी वी चैनलों को किसी भी ऐसे समाचार या विज्ञा न के सम्बध में विशेष रू से सावधानी बरतने को कहा गया है जो कानून और व्यवस्था बनाये रखने के विरूद्व है और जिनसे कानून व्यवस्था बिगड़ने या हिंसा को बढ़ावा मिलने की आशंका हो चैनलों केा ऐसी विषय वस्त् के सम्बध में भी सावधान रहने की हिदायत दी गई है जो राष्ट्र विरोधी रवैये को बढ़ावा देती हो या राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा हो मंत्रालय ने टी र्चैनलों को ऐसे प्रसारण न करने को कहा जो नियमों के खिलाफ हो संसदीय प्रैनल ने सरकार को उत्प्रवासन विधेयक को शीघ्र ही अंतिम रूप देकर संसद मे पेश करने को कहा है ये विधेयक सरकारी प्रवासी भारतीय व विदेशों में काम कर रहे लोगों के अधिकारियों के संरक्षण र केन्द्रित है

ये विधेयक इसलिए महत्वपूर्ण है कि हले धोखाधड़ी करने वाले एजेटों के खिलाफ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मदद से कार्यवाही करने की गुजांईश काफी कम है कमेटी ने ये भी सुझाव दिया है कि मंत्रालय की विदेशों मे ब्रे हालातों का सामना कर रहे भारतीय के लिए तबतक आश्रय स्थल का प्रबंध करना चाहिए जब तक कि उन्हें भारत वापिस नहीं भेज दिया जाता

इस फैसले के तहत विवादित स्थल र राम मंदिर की निर्माण को मंजूरी दी गई थी मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन याचिकाओं में कोई आधार न मिलने पर खारिज कर दिया

उन्होंने कहा कि भारतीय खाय निगम कर्ज मे इब चुकी है और ब्याज र ली गई राशि का ब्याज चुकाने में अक्षम है उन्होंने कहा कि श्रसो की निगम ने मुम्बई स्टाक एक्सचेंज से आठ हजार करोड़ रू ये के बाँड उठाये है केन्द्र सरकार की एक ई मेल का हवाला देते हये श्री सुरजेवाला ने कहा कि केन्द्र सरकार कृषि लागत मूल्य आयोग से सिफारिश करवाकर हरियाणा व ांजाब के किसानों का गेहूं और धान खरीदने से हाथ खींचने र विचार रही है

इस मौके र उन्होंने कहा िक चीनी मिल के संचालन में किसान कर्मचरी व अधिकारी एक कड़ी के तौर प्रर होते है जिनमें सबसे प्रमुख कड़ी किसानों की होती है ऐसे में मिल प्रबंधन से जुडे अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके है कि किसानों को किसीप्रकार की कठनाई नहीं जानी चाहिए

इस दौरान कर्मचारी संगठन की ओर से रखी गई मांग र भी सहकारिता मंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी सहकारी चीनी मिल में एथनॉल प्लांट लगाने व मिल से निकलने वाले अ शिष्ट से ऊर्जा तैयार करने के कार्यक्रमों र भी विचार कर रही है

श्री कत्याल आज रेवाड़ी स्थित हैफेड तेल मिल के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से बात कर रहे थे

हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के उ ाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों के रहन सहन उनके बच्चों की शिक्षा व शालन शोषण बेहतर बनाना ही आयोग का मुख्य उद्देश्य है इसी नीति के अनुसार आयोग द्वारा प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के लिए नीति बना कर इसे लागू करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है श्री कृष्ण कुमार आज दो हर फ़रीदाबाद के सफाई कर्मचारी यूनियनो के प्रतिनिधियों और एमसीएफ के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे

श्री आरोड़ा आज यूर्निवर्सल हैल्थ कवरेज डे के मौके र स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे आयुष्मान भारत के विषय र आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने चिन्हित किये गये लाभ ात्रियों के साथ उनके रिवारों को अ ने भी अ ने खर्ज र योजना में शमिल करेन का निर्णय लिया है

ंजाब हरियाणा में आज कई जिले में हल्की से मध्यम वर्षा हई है जिस से ठंड बढ़ गई है मौसम विभाग के अनुसार दोनो राज्यों में रात के ता मान मे वृद्वि दर्ज की गई है जो सामान्रू से अधिक है

यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह से ही जिले के कई इलाकों में रूक रूक कर हल्की बारिश हो रही है सिरसा में भी हल्की बारिश दर्ज की गई बीती रात के बाद हो रहे बारिश से प्रदेश मे दिन के ता मान मे कमी आई है और अधिकतर स्थानों र यह सामान्य से नीचे चल रहा है कृषि माहिरों ने इस बारिश को गेहूं व गन्ने की फसल के लिए लाभकारी बताया है मौसम विभाग ने हरियाणा के कई इलाकों में आज और कल ओलावृष्टि की संभावना भी व्यकत की है

दुर्घटना तब हुई जब अंबाला में सुल्तानपुर इलाके में उनके वाहन को एक अन्य वाहन ने चपेट में ले लिया हादसे में घायल काजल व उसके चाचा मोहन लाल को इलाज के लिए अस् ताल में ले जाया गया जहां इलाज के दौरान काजल की मौत हो गयी उसके चाचा को डेराबस्सी के एक अस् ताल में दाखिल करवाया गया है